कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 झारखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं

अब तक राज्य में एक हजार अन्ठानबे मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं वहीं प्रदेश में कोरोना की रिंकवरी रेट अनठानबे दशमलव तीन नौ प्रतिशत हैं

कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कोई कमी नहीं है

देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं यह आदेश एक अप्रैल से तीस अप्रैल तक प्रभावी रहेगा नये आदेश में कोरोना संक्रमण की रोक थाम के लिए देश के सभी हिस्सों में टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने को कहा गया हैं इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश भी जारी किया गया हैं

वापसी में पटना से धनबाद के बीच इस ट्रेन के फेरे एक जुलाई तक बढ़ा दिए गए हैं

दोनों ट्रेनें त्योहारी स्पेशल बनकर चलेंगी जिस वजह से किराया दूसरी नियमित ट्रेनों की तुलना में ज्यादा चुकाना होगा बढ़े हुए फेरे के लिए अभी बुकिंग शुरू नहीं हई है एक दो दिनों में आरक्षण सेवा बहाल हो जाएगी

अब गर्मी की छुट्टी को देखते हुए फरे बढ़ा दिए गए हैं भारतीय रेलवे ने आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर रेलगाडियों में ध्रम्रपान करने और आग पकडने वाली वस्तुएं लाने ले जाने को रोकने के लिए एक बडा अभियान शुरू किया है

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार कराधान अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्द है सरकार देश में कराधार बढ़ाने के लिए सभी उपाय कर रही है वस्तु और सेवाकर जीएसटी संबंधी मुद्दों पर सदस्यों की टिप्पणियों के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्र अपने आप जीएसटी संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकता

केन्द्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि की पांच लाख रूपये तक की निवेश पर ब्याज में छूट दी है लोकसभा में कल पारित वित विधेयक दो हजार इक्कीस में इसका प्रावधान किया गया है यह छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिन्हें नियोक्ता की ओर से पीएफ में योगदान नहीं मिलता है इस तरह से ब्याज मुक्त पीएफ निवेश की सीमा बढ़ाई गई है इससे पहले वित्त मंत्री ने बजट में प्रस्ताव दिया था कि ढाई लाख रूपये से ज्यादा के पीएफ के निवेश पर ब्याज लगेगा आज विश्व क्षयरोग निवारण दिवस है

क्योंकि इस महामारी ने क्षयरोग समाप्त करने की दिशा में हुई प्रगर्ति को जोखिम में डाल दिया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्षयरोग दिवस पर अपने संदेश में कहा है कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास लक्ष्यों के अनुसार वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य हासिल करने के प्रति वचनबद्ध है आगामी होली और शब ए बरात त्योहारों के दौरान कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रांची के उपायुक्त ने राजधानी में अठाईस मार्च से तीस मार्च तक निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है इस संबध में आदेश जारी करने के लिए उन्होंने सदर और बुंडू के अनुमंडल अधिकारी को पत्र लिखा निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान किसी तरह का जुलूस निकालने तेज आवाज में डी जे और स्पीकर बजाने पर रोक रहेगी

मंगलवार को चुनाव पदाधिकारी ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह पीके घोषाल बबलू पांडेय व प्रयाग महतो ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि मतदान सुबह दस बजे से संध्या चार बजे तक होगा मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होगी

राजेश्वरी गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया तीसरे मैच में भारत की जीत सान्त्वना विजय रही

इस प्रतियोगिता में भारत का यह दूसरा स्वर्ण पदक है

पदक तालिका में भारत दो स्वर्ण एक रजत और एक कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है

दैनिक अखबार प्रभात खबर अंग्रेजी में प्रकाशित द टाईम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाईम्स ने एक अप्रैल से पैंतालीस साल से उपर के सभी लोग लगवा सकेंगें कोविड टीका की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया की है दैनिक जागरण ने केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर के बयान एक अप्रैल से पैंतालीस पार के सभी लोगों को टीका को अपनी पहली सुर्खी बनाया है दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले मोरेटोरियम अवधि के दौरान कर्ज लेने वालों को नहीं देना होगा चक्रवृद्धि व्याज खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने झारखंड विधानसभा में निजी क्षेत्र में आरक्षण बिल पारित नहीं होने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है